प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बाईस हजार करोड़ रूपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगात नया रायपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का किया उदघाटन

आज भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास से जन्मा विश्वास हर तरह की हिंसा को खत्म कर देता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले बस्तर हिंसा के लिए जाना जाता था लेकिन आज तस्वीर बदली है और अब जगदलपुर में आध्निक हवाई अड़डा बन गया है और यहां से विमान सेवा की भी श्रूआत हई है प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार आदिवासीजनों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने और उनकी ऑमदनी बढ़ाने के लिए अनेक उपाए कर रही है आदिवासियों को वन उपजों का बेहतर दाम मिले इसके लिए वन धन योजना शुरू की गई है

प्रधानमंत्री ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बाईस हजार करोड़ रूपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी आज रायपुर पहुंचने के बाद श्री मोदी ने नया रायपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का उदघाटन किया इस मौके पर उन्होंने स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की इसके बाद भिलाई पहुंचकर प्रधानमंत्री ने भिलाई इस्पात संयंत्र का भ्रमण किया और उसकी आधुनिकीकरण तथा विस्तारीकरण से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लिया भिलाई स्टील प्लांट का प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व स्वागत किया गया इस स्वागत में विभिन्न लोक और शास्त्रीय नृत्यों के माध्यम से देशभर की संस्कृति की झलक दिखाई दी

प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत नेट परियोजना के द्वितीय चरण का भी भूमिपूजन किया इसके अलावा उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भिलाई के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो लिंक के जरिये केन्द्र सरकार की उड़ान योजना के तहत रायपुर से जगदलपुर के बीच यात्री विमान सेवा का शुभारंभ भी किया इसके साथ ही प्रदेश का आदिवासी बहल बस्तर संभाग देश के हवाई यातायात के मानचित्र में शामिल हो गया है कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित किए इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह केंद्रीय संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सहित राज्य शासन के अनेक मंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित थे

इसे स्वेच्छा से निःशुल्क रक्तदान कर दूसरों का जीवन बचाने वालों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कई सामाजिक संगठनों और संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया उच्च शिक्षा समीक्षा बैठक उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा है कि राज्य के कॉलेजों के प्राध्यापकों और प्राचार्यों सहित उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए बेसिक ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए उन्होंने कहा कि सभी कॉलेजों में समान डिग्री और पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से ली जाने वाली फीस में एकरूपता हो इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक रेग्युलेटरी बनाई जाएगी श्री पांडेय ने कल राजधानी रायपुर में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और महाविद्यालयों के प्राचार्यो की बैठक ली बैठक में श्री पांडेय ने कॉलेजों की शैक्षणिक गतिविधियों सहित उच्च शिक्षा विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की योग दिवस योगाफेस्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल से कृषि महाविद्यालय रायपुर में सात दिवसीय राज्य स्तरीय योग प्रशिक्षण और चिंतन शिविर योगाफेस्ट का आयोजन किया जा रहा है इक्कीस जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के आठ विश्वविद्यालयों के चार सौ पचास से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे संक्षिप्त समाचार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने अपनी पंद्रह सूत्रीय मांगों को लेकर आज कोरबा में धरना प्रदर्शन किया